मंत्रियों को विभागों के आवंटन के बाद आज सुबह नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि विगत भाजपा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखा जाएगा तथा नौजवानों की आशाओं और अपेक्षाओं को पुरा किया जाएगा

इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में जनता से किये गये वादों को समय से पूरा किया जायेगा और सरकार पारदर्शी ढंग से कार्य करेगी कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री पायलट ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक का भी दौरा किया जहां उनका स्वागत किया गया चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघ् शर्मा तथा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने भी आज कार्यभार संभाल लिया श्री शर्मा ने कार्यभार संभालने के बाद विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उन्होंने विभाग का रोड़ मैप बनाने के निर्देश दिए इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि राज्य में पर्यटन के नये स्तर खोजने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की जाएगी उन्होंने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष रणनीति बनायी जाएगी शिक्षा राज्य मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पिछली सरकार के शासन में शिक्षा के कथित भगवाकरण की समीक्षा कर उसे सुधारने की बात कही परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में रोडवेज में सुधार को बड़ी चुनौती मानते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों से खुलकर बातचीत की जाएगी स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आज शासन सचिवालय में अपना काम संभाल लिया इसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि शहरों में यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे तथा नगरपालिकाओं की स्थिति सुदृढ करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी

इस बैठक में किसानों के कर्जमाफी से संबंधित फैसले को अनुमोदित किया जा सकता है साथ ही युवाओं और बेरोजगारों से जुड़े कुछ बड़े फैसले लिए जाने की भी उम्मीद है

राज्य के राज्यपाल कल्याण सिंह सरकार के प्रतिनिधियों और राज्य के नागरिकों को कुम्म मेले में आने के लिए न्यौता देने जयपुर आए उत्तरप्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि इस आयोजन में देश दुनिया के करोड़ों लोग भाग लेंगे

हैंडब्रक में प्रे देश की विभिन्न मीडिया इकाइयों और मंत्रालय में काम कर रहे साढे सात सौ से ज्यादा अधिकारियों की विस्तृत जानकारी है अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि इस हैंडब्क से न केवल अधिकारियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी बल्कि उनमें समन्वय स्थापित करने और कार्यस्थल पर सकरात्मक माहौल बनाने में भी सहायता मिलेगी उन्होंने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय के कार्ये की प्रशंसा की मंत्रालय में सचिव अमित खरे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिशेखर वेम्पटि और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

संसद से बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रसाद ने इस बात को दोहराया कि यह विधेयक राजनीति से ऊपर है और इसका धर्म से लेना देना नहीं है उन्होंने कहा कि तीन तलाक पर रोक लगाना राष्ट्रीय हित में है इसका राजनीति से राजनैतिक और वैचारिक मतभेदों से कोई लेना देना नहीं है इसका धर्म पूजा पाठ के तरीकों और किसी की आस्था से भी कोई लेना देना नहीं है इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि राजनीतिक दलों को विधेयक पर चर्चा में भाग लेना चाहिए और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में भी शीतलहर की स्थिति अभी जारी रहेगी और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा क्छ क्षेत्रों में आने वाले दिनों में कोहरा छाये रहने की भी आशंका है प्रदेश में पड़ रही तेज सर्दी से लोगों की दिनचर्या पर असर पड रहा है घने कोहरे के कारण प्रदेशभर में राजमार्गो पर यातायात प्रभावित हुआ है वहीं रेल और हवाई यातायात पर कोहरे का असर पड़ा है

शेखावाटी में भी कड़ाके की सर्दी पड रही है

शराब की कीमत पचास लाख रूपए आंकी गयी है

अजमेर जिले के किशनगढ उपखण्ड के अराई थानाधिकारी को आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने चार हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ़तार किया है

झालावाड़ जिले में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धनवाडा में आउटरीच कैम्प का आयोजन किया गया